यह राज्य सरकार का पहला पूर्ण बजट भी है इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है श्री भनोट ने कहा कि युवा किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है

इसके लिए सत्रह हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है साथ ही उन्नत खेती के लिए किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा बागवानी और प्रसंस्करण के लिए बजट में चार सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वहीं किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू की जायेगी श्री भनोट ने कहा कि किसानों के बिजली के बिल आधे किये गये हैं उन्होंने बताया कि इंदिरा ज्योति योजना से सौ यूनिट बिजली खपत पर सौ रुपये बिजली बिल आ रहा है राज्य सरकार राइट दु वाटर योजना ला रही है वहीं इन्दौर की खान नदी सहित चालीस नदियों को पुनर्जीवित करने की भी योजना है उन्होंने कहा कि दतिया रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जायेगी जल्द ही सामाजिक सुरक्षा पेन्शन भी दोग्नी की जायेगी पुजारियों के वेतन के लिए विशेष कोष बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि पुलिसबल को मजबूत बनाते हए सायबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जायेगा गृह विभाग के लिए सात हजार छह सौ पैतीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि आवासहीनों का पट्टा दिया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन नये मेडीकल कालेज खोले जायेंगे महिलाओं के लिए ई रिक्शा योजना शुरू की जायेगी बजट में अल्पसंख्यक आयोग और मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड हज कमेटी का अनुदान बढ़ाया गया है भोपाल इंदौर और ग्वालियर के शासकीय अस्पतालों में बर्न युनिट स्थापित की जायेगी ए एन एम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के खाली पड़े पद भरे जायेंगे वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए चौबीस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उन्होंने बताया कि भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोला जायेगा वित्त मंत्री ने बताया कि मंदिर की जमीनों को सरकारी निधि से विकसित किया जायेगा साथ ही नई गौशालायें खोली जायेंगी श्री भनोट ने कहा कि प्रदेश में क्षेत्रीय उत्पादों जैसे भिण्ड के पेड़े सागर की चिरौंजी की बर्फी मुरैना के गजक की ब्राण्डिंग राज्य सरकार करेगी उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने कहा किइंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे के साथ दोनो शहरों को सेटेलाइट सिटी बनाई जायेगी उधर ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण युनिट स्थापित की जायेगी वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी ओर फुटबाल अकादमी शुरू की जायेगी किकेट विश्वकप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का मैच आज जारी रहेगा कल रात मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रफर्ड में बारिश के कारण यह मैच रोकना पड़ा था मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा

हालांकि आज भी मैनचेस्टर में हल्की बारिश हो रही है

बदले गये पुलिसकर्मियों में पांच निरीक्षक और दस उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं

प्रथम चरण में यहां पांच छात्रों ने प्रवेश लिया